एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिये आयोजित संयुक्त पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट में शिवहर जिले के नरवारा गांव की कल्पना कुमारी ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है उन्हें सात सौ बीस में से छह सौ इक्यानवे अंक प्राप्त हुए हैं कल्पना कुमारी को भौतिकी में एक सौ अस्सी में एक सौ इकहत्तर रसायन में एक सौ साठ जबकि जीव विज्ञान में तीन सौ साठ में तीन सौ साठ अंक मिले हैं कल्पना कुमारी जवाहर नवोदय विद्यालय शिवहर की छात्रा रह चुकी हैं राज्यपाल सत्यपाल मलिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कल्पना को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राज्यपाल वैसे लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जिन्हें विकास योजनाओं का अब तक लाभ नहीं मिल पाया है श्री कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उप राज्यपालों के उनचासवें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकारों के संरक्षक और पथ प्रदर्शक होते हैं और वे संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र की भूमिका निभाते हैं श्री कोविंद ने कहा कि कुलाधिपति होने के नाते राज्यपालों की यह जिम्मेवारी बनती है कि वे विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों का समय से संचालन सुनिश्चित करें सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राज्यपाल जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव बांट सकते हैं उन्होंने कहा कि राज्यपालों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्रीय योजनाओं का लाभ देश के हर नागरिक को मिले श्री मोदी ने कहा कि आदिवासी बहल राज्यों में राज्यपाल शिक्षा खेल तथा वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में सरकार की पहल का लाभ आदिवासी समुदाय तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के आयोजनों में कुलाधिपति के नाते राज्यपालों को विश्वविद्यालयों की भूमिका तय करने में जरूरी पहल करनी चाहिए केन्द्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पिछले चार सालों के दौरान देश के इक्यानवे शहरों में बीपीओ केन्द्रों की शुरूआत की गयी है श्री प्रसाद रांची में केन्द्र सरकार की चार साल की उपलब्धियों के बारे में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री प्रसाद ने कहा कि देश में अभी एक सौ इक्कीस करोड़ मोबाईल फोन हैं जिनमें स्मार्ट फोन की संख्या पैंतालीस करोड़ के आसपास है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की प्रोत्साहन नीतियों के कारण मोबाईल निर्माण से जुड़ी कंपनियों की संख्या देश में बढ़कर एक सौ बीस हो गयी है जबकि पिछली सरकार में मात्र दो कंपनियां ही मोबाईल निर्माण से जुड़ी थी श्री प्रसाद ने कहा कि केन्द्र सरकार डिजिटल भारत अभियान से देश में ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिये काम कर रही है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रदेश में एनडीए नेतृत्व को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है आज नई दिल्ली में एक समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए को जो वोट मिलेगा वो नरेन्द्र मोदी और नीतीश कूमार के नाम पर ही मिलेगा सीटों के बंटवारे पर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए में इन सारे बातों को लेकर कोई विवाद नहीं है कौन दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा इस पर सर्वसम्मति से ही कोई निर्णय लिया जायेगा गौरतलब है कि कल पटना में जदयू के वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक के बाद पार्टी सांसद पवन वर्मा ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में एनडीए के सबसे बड़े चेहरे हैं जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गयी थी केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक बीएसएनएल के नेटवर्क के विस्तार के लिये लगातार काम कर रहा है श्री सिंह आज मोतिहारी में दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से घाटे में चल रही कंपनी अब मुनाफे में आ गयी है उन्होंने कहा कि बीएसएनएल अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिये प्रतिबद्ध है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में बीज से संबंधित केन्द्र और राज्य की योजनाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड को इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी बनाया गया है सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा है कि राज्य में जल्द ही किसानों से सरकारी स्तर पर दाल की खरीद शुरू की जायेगी श्री सिंह ने पटना में संवाददाताओं से कहा कि नेफेड के माध्यम से दाल उत्पादक चार जिलों पटना नालंदा लखीसराय और शेखपुरा के किसानों से खरीद की जायेगी इस संबंध में कार्य योजना तैयार की जा रही है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य के तीन प्रमुख शहरों पटना गया और मूजफ्फरपूर में वायू प्रदूषण की स्थिति के मददेनजर इसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायू योजना में शामिल कर लिया गया है श्री मोदी ने बताया कि इस संबंध में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्द्वन ने राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है इससे तीनों शहरों में वाय् प्रद्षण को नियंत्रित करने में प्रभावी मदद मिलेगी गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में पटना गया और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जतायी थी राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी पार्को में पचास माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया गया है यह फैसला कल विश्व पर्यावरण दिवस से प्रभावी होगा इस संबंध में पर्यावरण और वन विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश जारी कर दिया है सभी नगर निकायों के प्रमुखों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है प्रदेश के हर प्रखंड के एक पंचायत में विशेष शिविर लगाकर आज से छह जून तक हर घर बिजली योजना के तहत लोगों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं विशेष जानकारी विभाग के टोल फ्री नम्बर एक नौ एक दो से प्राप्त की जा सकती है राज्य सरकार ने निपाह वायरस के खतरे को देखते हुए अभी लोगों को नीरा और ताड़ी का सेवन नहीं करने की सलाह दी है विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश मे कहा गया है कि संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क के आने या इनके संपर्क में आयी वस्तुओं के सेवन से निपाह वायरस का संकमण होता है लोगों को गिरे हुए और पक्षियों या किसी अन्य जीव जन्तुओं के जूठे फलों का सेवन नहीं करने की सलाह दी गयी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर आंधी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है इधर प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी है आसमान में बादल छाये रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है आज पटना का अधिकतम तापमान सैंतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि गया का अधिकतम तापमान सैंतीस दशमलव सात और भागलपुर का चौंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रहा सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र के वनचौरी गांव में संपत्ति विवाद को लेकर देर रात एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गयी मृतकों में दंपत्ति और उनके दो पुत्र शामिल हैं पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन ने बताया कि मृतक रामविलास ने दो शादियां की थी उसकी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के बच्चों के बीच भूमि के एक हिस्से को लेकर विवाद चल रहा था इसी को लेकर पहली पत्नी के बेटे ने घटना को अंजाम दिया हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले के सात सौ निन्यानवे गांव का चयन ग्राम स्वराज योजना के तहत दूसरे चरण में संपूर्ण विकास के लिए किया गया है वहीं बांका जिले मे ग्राम स्वराज अभियान के तहत पांच सौ तिरानवे गांवों को विकास कार्यक्रमों के लिए चिन्हित किया गया है करगिल युद्ध में शहीद जवान शिवशंकर गुप्ता की शहादत दिवस पर आज औरंगाबाद में उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया खगड़िया के गोगरी में अवैध तरीके से संचालित एक नर्सिंग होम को पुलिस ने सील कर दिया है पटना की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग का शादी की नीयत से अपहरण करने के मामले में आरोपी रंजीत यादव को दस वर्ष कारावास और पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है